आज नई दिल्ली में निर्माण प्रौद्योगिकी पर केन्द्रीत एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के लिए बनाये गये इन मकानों में पानी बिजली उज्जवला कनेक्शन और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कर रही हैं दो दिवसीय इस सम्मेलन में मकान निर्माण से संबंधित विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं

पंजीयन रबी फसलों के समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिये ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली शुरू की गई है

उधर रबी उत्पादन की तैयारियों की समीक्षा के लिये कल तीन मार्च से संभागीय समीक्षा बैठकें शुरू हो रही हैं

मतदाता शिविर चुनाव आयोग के निर्देश पर आज से मतदान केन्द्रों पर दो दिवसीय विशेष मतदाता शिविर शुरू किये गये हैं इन शिविरों में मतदाता सूची से छूटे लोगों के नाम जोड़ने और संशोधन करने का कार्य किया जा रहा है इस दौरान आयोग की ओर से नये मतदाताओं के नाम सुची में जुड़वाने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है साथ ही लोगों को मतदान के लिये भी प्रेरित किया जा रहा है

इसके बाद वे हरसूद में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे